प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में संरचना विकास पर सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश स्थित रोहतांग में सभी मौसमों के अन्कूल बनाई गई रणनीतिक तौरपर महत्वपूर्ण अटल सुरंग के उदघाटन् करने के उपरान्त सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में सड़कों पूलों तथा सुरंगों को विकास पर ज़ोर देते हये श्री मोदी ने कहा कि इस का लाभ आम आदमी के साथ साथ सशस्त्र बलों को भी मिल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल स्रंग लेह लद्दाख के लिए जीवनरेखा का नाम करेगी उन्होंने कहा कि सरकार के लिए लोगो की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में आध्निक हथियार के निर्माण कई सुधार लागू किये गये है केन्द्रीय उड़डयन मंत्री हरदीप सिह पूरी ने कहा है कि कृषि कानूनों बारे झूठ फैलाया जा रहा है व किसानों को भ्रमित किया जा रहा है वे आज चंडीगढ़ में कृषि कानून म्ददे पर एक पत्रकार वार्ता में सम्बोधित कर रहे थे श्री पूरी ने कहा कि कृषि कानून बना कर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया

उन्होंने कहा कि यही वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था जिसे हमने पूरा किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को परेशानी है कि वह यह काम खूद नहीं कर सकी उन्होंने कहा कि राज्य में ठेके पर कानून बनाने वाली और चूनावी घोषणा पत्रों में यह बनाने का वादा करने वाली पार्टी अब किस मूंह से इस कानूनों का विरोध कर रही है

उन्होंने कहा कि सच यह है कि डॉ मनमोहन सिंह तथा मोटेंक सिंह आहल्वालिया जैसी शखसियतों ने इन कानून को सही बताते हये बयान दिये थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेती के विकास के लिए काम करने है

श्री प्री ने कहा कि इसे संसदीय लोकतंत्र नहीं बल्कि हल्लड़बाज़ी कहा जा सकता है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भरोसा दे च्के है न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जा रहा और इसमें लगातार वृद्धि भी की जायेगी उन्होंने कहा कि पंजाब मे विरोध के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी हल्ल्डबाज़ी की जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और इन कानूनों से सभी को फायदा होगा दिल्ली में ट्रैक्टर जलाने की घटना पर श्री प्री ने कहा कि कोई मेहनतकश किसान अपने ट्रैक्टर को आग नहीं लगा सकता अपित् ऐसा कार्य केवल हल्ल्इबाज़ी ही कर सकते है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा पारित किये गये तीनो कानून देश के अन्नदाता को सशक्त आत्म निर्भर और किसानों की आय द्वगनी करेन में कारगर साबित होंगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कृषि बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर भामक प्रचार किया जा रहा है केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर आज पलवल में एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांगेस के शासन में किसान दखी व परेशान रहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिये जिनमें किसान सम्मान निधि योजना मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहंचाना देश भर में में दस हजार किसान उत्पादन संगठन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लागू होने से मंडियो की व्यवस्था मे कोई बदलाव नहीं होग किसानों को फसल बेचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी हरियाणा सरकार द्वारा धान सहित बाजरा मक्का और मूंग आदि खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से हो किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए म्ख्यमंत्री ने सभी जिलों से फसलों की आवक खरीद और फसलों के उठान संबंधी विस्तृत जानकारी भी ली मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत पंजीकृत फसल की समय पर खरीद सुनिश्चित करें और यदि किसी कारणवश कोई किसान संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाया है तो उसका पंजीकरण करवाते हए खरीद सुनिश्चित करें और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न आने दें मुख्यमंत्री धान खरीद संबंधी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि धान में नमी चैक करते समय दो अलग अलग मापक यंत्रों से एक ही धान की नमी अलग अलग नहीं आनी चाहिए और नमी मापते समय किसान की संतृष्टि करवाएं

म्ख्यमंत्री ने फसल के उठान में तेज़ी लाने की हिदायत की है

आज कोविड संक्रमण से पंचकूला में चार अम्बाला में दो फरीदाबाद मे एक सिरसा जिले मे तीन मरीज़ो की मृत्यू हो गई ग़ह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में शहीद मेजर योगेश ग्प्ता की प्रतिमा का अनावरण किया इस मौके पर उन्होंने योगेश ग्प्ता के पिता वेद प्रकाश ग्र्प्ता को शॉल व फूल भेंटकर उनका स्वागत किया गृह मंत्री ने कहा कि शहीद हमारे प्रेरणा स्त्रोत हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कृषि कानूनों को किसान हित में बताते हये कहा है कि कांग्रेस अपना आधार खोता हआ देख बौखलाहट में कृषि बिलों का विरोध कर रही है

उनहोंने कहा कि जिन लोगों को कृषि का कोई ज्ञान नहीं है कांग्रेस के वो केन्द्रीय नेता भी किसान की बात कर रहे है उन्होंने कहा कि जब इन कानूनो को किसान पूरी तरह समझा जायेंगे तब कांग्रेस उनको ग्मराह नहीं कर पायेगी